प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के इस संकल्प को दोहराया है कि वर्ष दो हजार बाईस तक कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा और हर परिवार के पास अपना घर होगा श्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार प्रगति बैठक को संबोधित करते हए अधिकारियों से कहा कि देश के हर परिवार को आवास दिलाने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाए साथ ही इस योजना को लागू करने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के समाधान से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक करीब पैंतीस लाख मरीजों को इलाज की सुविधा मिल चुकी है

इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में तीन तलाक बोलने को अपराध माना गया है और इसके लिए पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है राष्ट्रपति ने कहा कि यह लैंगिंक न्याय की दिशा में मील का पत्थर है और समूचे देश के लिए संतोष का क्षण है रसोई गैस कीमत गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य बासठ रुपए पचास पैसे कम कर दिया गया है कीमतों में यह कटौती कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है अब यह सिलेंडर पांच सौ चौहत्तर रुपए पचास पैसे में मिलेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा है कि पिछले महीने भी गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के मूल्यों में सौ रुपए पचास पैसे की कटौती की गई थी इसे मिलाकर पिछले दो महीने में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य एक सौ तिरसठ रुपए तक कम हो गया है

सरकार की इस घोषणा से मकान का सपना संजोए आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है गौरतलब है कि रियल स्टेट परियोजनाओं को गति देने पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने जमीन खरीदी बिक्री की कलेक्टर दर को भी तीस प्रतिशत तक कम करने का फैसला लिया था रियल स्टेट कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार के दोनों फैसलों से आम लोगों को अपना घर खरीदने के लिए अब पहले की अपेक्षा कम पैसे खर्च करने होंगे लोकसभा संतोष पांडेय राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने पिछले दिनों प्रदेश में पुलिस हिरासत और जेल में बंदियों की कथित आत्महत्या और मृत्यु के मामले की विशेष जांच की मांग की है आज लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए श्री पांडेय ने कहा कि इन सभी प्रकरणों की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जानी चाहिए गोरतलब है कि कुछ दिनों पहले कबीरधाम जिले के चिल्फी गांव के निवासी हरिशचंद्र मरावी की जिला आबकारी नियंत्रण कक्ष में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी वहीं सूरजपुर जिले के चंदोरा थाने में और गरियाबंद जिले के पांडुका थाने में तथा मुंगेली के उपजेल में अलग अलग मामलों में पकड़े गए आरोपियों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई थी राजनांदगांव के सांसद ने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है डीजीपी यातायात चेकिंग इन दिनों प्रदेशभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस संबंध में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में निरीक्षक और उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा ही वाहनों की जांच की जाएगी वहीं नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर उप पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी ही वाहनों की जांच करेंगे पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा है कि वाहनों की जांच के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आम नागरिकों से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करें और स्कूली बच्चों महिलाओं तथा बुजुर्गों को परेशानी न हो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा किसी तरह का दुर्व्यवहार और अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस बीच पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वाहनों की जांच के दौरान चालान की राशि ई भुगतान के जरिये ली जाएगी

इस बार छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा गया क्योंकि राज्य शासन की ओर से प्रदेशभर में इस त्यौहार का जगह जगह आयोजन किया गया

गौरतलब है कि इस बार राज्य शासन ने हरेली के मौके पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के मौके पर किसानों ने अपने खेती किसानी के औजारों और उपकरणों के साथ ग्राम देवता की पूजा अर्चना की वहीं बच्चे गेड़ी का आनंद लेते नजर आए आज ग्रामीण इलाकों के घरों के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाए गए चित्र दिखाई दिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी लोगों ने अपने मकान और दुकान के आगे नीम की पत्तियां लगाई हुई थीं हरेली का यह त्यौहार पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है

इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू उद्योग मंत्री कवासी लखमा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ बैलगाड़ी में सवार थे इस अवसर पर लोक नर्तकों ने करमा सुआ गेड़ी और गौरा गौरी नृत्य प्रस्तुत किए हरेली यात्रा से पहले मुख्यमंत्री ने गेड़ी चढ़ने और सावन झूला झूलने का आनंद लिया उन्होंने अपने हाथ में भौंरा चलाकर उपस्थित लोगों को रोमांचित भी किया मुख्यमंत्री निवास में नागर कुदाली फावड़ा और गैती जैसे पारंपरिक कृषि उपकरणों की विधि विधान से पूजा भी की गई प्रदेश के सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में हरेली त्यौहार पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया रायपुर के बाद मुख्यमंत्री आज बिलासपुर और दुर्ग जिले में भी हरेली के कार्यक्रमों में शामिल हुए बिलासपुर जिले के गनियारी गांव में उन्होंने ग्रामीण औद्योगिक संस्थान और बहु कौशल विकास केन्द्र का लोकार्पण किया वहीं दुर्ग जिले के पाहंदा गांव में उन्होंने गौठान का लोकार्पण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में पांच सौ से अधिक गौठान बन चुके हैं साथ ही हर गौठान के आसपास हरे चारे की व्यवस्था भी की जा रही है हरेली अपेक्स बैंक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज हरेली के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक की पहली मोबाइल एटीएम वैन किसानों को समर्पित की गौरतलब है कि यह बैंक प्रमुख रूप से किसानों को खाद बीज और फसल के लिए ऋण देने का कार्य करता है मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर हुए एक कार्यक्रम में झंडी दिखाकर मोबाइल एटीएम वैन को रवाना किया अपेक्स बैंक द्वारा इस मोबाइल एटीएम वैन का रायगढ़ और जशपुर जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में किसानों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व आज से शुरू हो गया है पचहत्तर दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान आज पाटजात्रा की रस्म अदा की गई इस दौरान ग्रामीण दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे जहां गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरानुसार पूजा अर्चना की इस पूजा में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और बस्तर के सांसद दीपक बैज सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए गौरतलब है कि दंतेश्वरी माई के रथ के लिए बस्तर जिले के बिलोरी गांव के जंगल से सरगी की लकड़ी लाई जाती है बस्तर दशहरे का यह पर्व कई वर्षो से मनाया जा रहा है इसे देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं इस साल विजयादशमी तक पर्व के दौरान विभिन्न रस्में अदा की जाएंगी यह पर्व राज्य की आदिवासी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर दिल्ली जाएंगे रात्रि विश्राम के बाद वे तीन अगस्त को नई दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद उसी शाम रायपुर वापस आएंगे सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक यह महिला माओवादी पीएलजीए की सदस्य थी और इस पर कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई में जमीन खरीदी से जुड़े मामले में प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है